भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा भी इस अवसर पर उपस्थित थे इस प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य सांसदों को अनुशासित रहने के साथ ही संसद के बाहर और भीतर अपने आचरण के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है कार्यशाला में सभी नव निर्वाचित सांसदों को जन कल्याण से जुड़े मुददों को लोगों तक ले जाने के तौर तरीकों की जानकारी दी जा रही है कार्यशाला में नमो ऐप और सोशल मीडिया के बारे में भी जानकारी के लिए अलग से एक सत्र रखा गया है

आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है आकाशवाणी के बारे में उन्होंने कहा कि यह कई वर्षो से एक विश्वसनीय संस्था बनी हुई है उन्होंने कहा कि रेडियो की पहुंच देश के हर कोने में है और लोग इसे पसंद करते हैं श्री जावडेकर ने कहा कि रेडियो को सूचना और मनोरंजन दोनों का माध्यम होना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एफएम स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इसमें निजी एफएम भी शामिल होंगे

स्लग समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को सीएम डैशबोर्ड के अन्तर्गत हर महीने मिलने वाले लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिये हैं

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की जानकारी भी ली

आपको बता दें कि सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है सरकारी विभागों में आउटकम आधारित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए की प्रोग्रेस इंडिकेटर तैयार किये गये हैं इसे अधिकारियों के वार्षिक परफॉरमेंस मूल्यांकन से जोड़ा गया है

स्लग मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया सुबह से दोपहर तक रुक रुक कर बारिश होती रही कहीं कहीं कल रात को भी मूसलाधार बारिश

बारिश से चमोली रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ और चंपावत में मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुए जिन्हें बाद में खोल दिया गया हालांकि जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली सूचना के अनुसार खबर लिखे जाने तक रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चंडिकाधार के पास मलबा आने से अवरुद्ध है जिसे खोलने की कवायद जारी है इसके अलावा विभिन्न जिलों में कुछ ग्रामीण मोटरमार्ग अब भी बंद हैं उधर बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में अतिवृष्टि से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है इसी तहसील में एक युवक भी नदी के तेज बहाव में बह गया उसका शव बरामद कर लिया गया है

मौसम विभाग ने पांच और छह अगस्त को उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ चमोली नैनीताल पौड़ी और देहरादून में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है स्लग ब्लास्ट चमोली चमोली जिले के उर्गम घाटी में हेंलग के पास पावरहाउस में ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई हादसे में पांच अन्य लोग घायल हुए हैं जिनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है जबकि बाकी लोगों का इलाज जोशीमठ के अस्पताल में चल रहा है बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश से कल्पगंगा का जलस्तर बढ़ने से सुबह से प्लांट में रिसाव हो रहा था दूसरी ओर आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि यह हादसा पानी का पाइप फटने से हुआ है

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि यह सेवा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के ईलाज में कारगर साबित होगी इस सेवा के माध्यम से दूर दराज के गांवों को जोडने का प्रयास किया जायेगा जिलाधिकारी ने जिले के सीएमओ और डाक्टरों के साथ टेलीमेडिसिन सेवा शुरू करने को लेकर गहनता से चर्चा की

इसके साथ ही जौलीग्रान्ट और पन्तनगर हवाई अड्डे के विस्तार के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में गौचर चिन्यालीसौड़ नैनीसैनी हवाई अड्डों को अधिक सुविधाजनक बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं देहरादून में राज्य की निर्यात नीति बनाये जाने के संबंध में आयोजित स्टेक होल्डर्स की कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड छोटा राज्य जरूर है लेकिन यहां पर निर्यात की काफी संभावनाएं हैं जरूरत है ऐसे क्षेत्रों की चिन्हित करने की उन्होंने निर्यात नीति तैयार करने में सभी स्टेक होल्डरों को सुझाव देने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस सर्विस सेक्टर पर है राज्य में फार्मा आटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में व्यपाक संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि अन्तराष्ट्रीय बाजार में हिमालयी शहद की बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में हनी वैली बनाने की दिशा में भी प्रयास किये जायेंगे

दल के सदस्य घाटी के गांवों और स्कूलों में स्वच्छ भारत मिशन के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे दल को पिंडर घाटी के लिए बागेश्वर से मुख्य विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया दल के लीडर पुरमल सिंह धर्मशक्तू ने बताया कि स्वच्छता अभियान में पिंडर वैली के युवाओं स्कूली बच्चों और एनएसएस स्वयंसेवियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि वो अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर सकें उन्होंने बताया कि दल गांव में स्वास्थ्य शिविर भी लगाएगा इसके साथ ही ग्रामीणों को आपदा प्रबंधन की जानकारी भी दी जाएगी दल के सदस्य पिंडर घाटी के दूरस्थ क्षेत्रों से प्लास्टिक कचरा एकत्र कर लाएंगे जिसका उचित स्थान पर निस्तारण किया जाएगा

स्वच्छता अभियान की यह मुहिम उत्तराखड के अलावा कश्मीर सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में चलाई जा रही है स्लग बग्वाल मेला चम्पावत जिले के मां बाराही धाम देवीध्रा में लगने वाले प्रसिद्ध पाषाण युद्ध बग्वाल मेले की तैयारियां शुरू हो गयी है

मुख्य मेला रक्षाबंधन पर होगा जिलाधिकारी सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय ने बताया कि मेला क्षेत्र को तीन सेक्टरों में विभाजित किया जायेगा इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किये जाएंगे

अन्य प्रतियोगिताएं महिला ओपन सीनियर बालक बालिका वर्ग और जूनियर बालक बालिका वर्ग है यह मैराथन दुगड्डा तिब्बत ल्यासा मार्ग यानि पौड़ी कांसखेत मोटरमार्ग पर होगी पहली बार हो रही इस मैराथन में एवरेस्ट विजेता शीतलराज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी देंगीं

उन्होंने पुराने घरों में बनीं कलाकृत्तियों को धरोहर के रूप में संजोने के निर्देश दिये रुद्रप्रयाग में आपकी बेटी आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जिले की महिला अधिकारियों द्वारा गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस कार्यक्रम के तहत आज राजकीय इण्टर कॉलेज पित्रधार में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए